बीडीओ की हड़ताल के कारण राज्य में विकास कार्य प्रभावित

इन संगठनों पर विदेशों से धन लेने पर रोक लगा दी गई है गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि इन्होंने केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के तहत बत्तीस प्राधिकृत बैंकों में खाता खोलने के निर्देशों का पालन नहीं किया और बार बार के निर्देशों के बावजूद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि सरकारी निर्देशों का पालन करने वाले छत्तीस अन्य गैर सरकारी संगठनों का निलंबन आदेश वापस ले लिया गया है एफसीआरए व्यक्तियों संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी धन लिए जाने पर नियमन रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस राशि का इस्तेमाल राष्ट्रीय हित के खिलाफ गतिविधियों में न हो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत पाइप से जलापूर्ति की सुविधा प्राप्त करने के लिए अब प्रत्येक परिवार को हर महीने तीस रुपये रखरखाव शुल्क देना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी वहीं एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने पिछले वर्ष अनियमित और कम वर्षा के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुये सूखाग्रस्त प्रखंडों की संख्या बढ़ाकर दो सौ अस्सी कर दी है राज्य मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के संबंध में अनुशंसा देने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट देने की अवधि को बीस दिन और बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत एक मार्च से पहले राज्य के लघु और मझौले किसानों के खाते में पहली किस्त के दो हजार रूपये मिल जायेंगे केन्द्रीय अंतरिम बजट में घोषणा की गयी है कि पांच एकड़ से कम रकवा वाले किसानों को इस योजना के तहत तीन किस्त में छह हजार रूपये दिये जायेंगे कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुजीत कुमार ने यह जानकारी दी बीडीओ की हड़ताल के कारण राज्य में विकास कार्य प्रभावित हुआ है राज्य सरकार ने चौबीस घंटे के अन्दर हड़ताली प्रखंड विकास पदाधिकारियों को काम पर लौटने की चेतावनी जारी की है सरकार के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग आज शाम तक काम पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि पहले चरण में निलंबन की कार्रवाई होगी इसके बाद कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हड़ताली अधिकारियों के स्थान पर नये बीडीओ की पदस्थापना की जा सकती है इधर ग्रामीण विकास सेवा संघ ने कहा है कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी राज्य में आठ लाख पैंसठ हजार पांच सौ सत्तर मतदाताओं की वृद्धि हुई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य की मतदाता सूची में चौदह लाख इकतालीस हजार दो सौ सैंतीस नए मतदाताओं के नाम शामिल किये गये हैं

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इकतीस मार्च तक सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे ठंड बढ़ने के कारण पहले दोपहर बारह बजे के बाद खुलते थे उपभोक्ता मंत्रालय ने दो ग्राम से अधिक वजन के सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है इसके अलावा सभी रजिस्टर ज्वेलरों को हॉलमार्किंग का रिकॉर्ड रखना होगा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पटना को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनायी गयी है इसके तहत राजधानी के इक्कीस सरकारी भवनों को चिन्हित कर इन पर सोलर पैनल लगाये जायेंगे हज कमिटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा के लिए पहली किस्त जमा करने की तिथि बढ़ा दी है अब पन्द्रह फरवरी तक पहली किस्त की राशि जमा की जा सकती है

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू होगी सोलह फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में तेरह लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रदेश भर में एक हजार तीन सौ उनतालीस केन्द्र बनाये गये हैं उन्होंने कहा कि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं श्री किशोर ने बताया कि परीक्षार्थी किसी भी तरह की समस्या होने पर बोर्ड के हेल्पलाईन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य शून्य नौ पर संपर्क कर सकते हैं परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों के जूता मोजा पहनकर जाने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है अधिसूचना के अनुसार परीक्षा बीस से अठाईस जून तक आयोजित की जायेगी अभ्यर्थी एक मार्च से तीस मार्च तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग की स्टेनोग्राफर की परीक्षा अब आठ फरवरी को होगी आयोग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो पांच फरवरी को परीक्षा में शामिल होने के लिए केन्द्र पर पहुंचे थे राज्य में पटना भागलपुर मुजफ्फरपुर और पूर्णियां में यह परीक्षा हो रही है केन्द्र सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नियमावली में संशोधन किया है इसके अन्तर्गत पांचवीं और आठवीं के फेल बच्चे अगली कक्षा में नहीं जा सकेंगे बिहार सहित सभी राज्यों को इसकी अधिसूचना भेज दी गयी है घने कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेलवे ने संपूर्णक्रांति समेत उन्नीस जोड़ी ट्रेनों को इकतीस मार्च तक सप्ताह में एक दिन रद्द करने का निर्णय लिया है इससे पूर्व भीषण कोहरे की सम्भावना को देखते हुये पन्द्रह फरवरी तक ही इन ट्रेनों का परिचालन स्थगित करने का निर्णय लिया गया था पटना सहित राज्य के कई इलाकों में आज से आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवा के दवाब के कारण प्रदेश में बारिश की संभावना है धान घोटाले के मामले में पटना प्रमंडल कार्यालय में पदस्थापित उपनिदेशक अलाउद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है भभुआ के कुदरा में वर्ष दो हजार तेरह चौदह में एक करोड़ से ज्यादा के घोटाले के मामले में यह कार्रवाई की गयी है लखीसराय जिले के लाली पहाड़ी पर खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की क्षतिग्रस्त मूर्तियां मिली है सासाराम से आरा के बीच दस दिनों तक रात्रि में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा विद्युतीकरण के कार्य को लेकर यह निर्णय लिया गया है

बक्सर में खेली जा रही उनहत्तरवीं राज्यस्तरीय मोइनुल हक फुटबॉल प्रतियोगिता में सीवान और पूर्व मध्य रेलवे दानापुर की टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है प्री क्वार्टर मुकाबले में सीवान ने सडेन डेथ के सहारे गत विजेता वैशाली को छह पांच से पराजित किया वहीं प्री क्वार्टर फाइनल के एक अन्य मुकाबले में पूर्व मध्य रेल दानापुर ने कटिहार को दो शून्य से पराजित करते हुये क्वार्टर फाइनल में जगह बनायी है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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से तेरह लाख पन्द्रह हजार तीन सौ इकहत्तर परीक्षार्थी होंगे शामिल दैनिक जागरण की सुर्खी है ऑनलाईन हो सकती है यूपीएससी की परीक्षा दैनिक भास्कर ने लिखा है तीन मार्च को पटना मेट्रो का शिलान्यास करेंगे पीएम खर्च होंगे तेरह हजार चार सौ ग्यारह करोड़ रूपये

बीडीओ की हड़ताल के कारण राज्य में विकास कार्य प्रभावित

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज से शुरू हो रही है इंटरमीडिएट की परीक्षा